केंद्र सरकार ने भी प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में नवाचार के सफल प्रयासों की सराहना की है

अपर म्ख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अप्रैल माह में विदयालय बंद हो जाने पर विदयार्थियों को भोजन का राशन उनके घर पर ही भिजवाने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षिकों का सहयोग प्राप्त किया गया

उन्होंने कहा कि दोनों सेवाएं बहजन हिताय बहजन स्खाय के उद्देश्य से श्रू की गयी हैं

डॉ मिश्रा ने कहा कि ये चिकित्सक मध्यप्रदेश के सभी लोगों की कोरोना संबंधी आशंकाओं का फोन पर ही निराकरण करेंगे इसे प्रोजेक्ट स्टेप वन नाम दिया गया है

अभी तक एक सौ सैंतीस लोगों की मौत हो च्की है जबकि चार सौ बयासी लोगों को उपचार के बाद विभिन्न अस्पतालों से छ्ट्टी दे दी गई है एक हजार नौ सौ बावन रोगियों की हालत स्थिर है जबकि छह रोगियों को वेंटिलेटर पर रखा गया है

म्रैना जिले में एक नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद बाजार के साथ ही शहर के सभी बैंक बंद रहे जिसके चलते लोग काफी परेशान हए हैं

जिले में अब तक दो कोरोना संक्रमित मरीज मिल च्के हैं

होशंगाबाद जिले के इटारसी में कल तीन और कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं

वही उज्जैन में मजदूर दिवस पर सराय जहां से मजदूरों को काम के लिए ठेकेदार और अन्य लोग ले जाया करते हैं वो जगह आज लॉक डाउन के चलते वीरान थी उधर अशोकनगर कलेक्टर डॉ मंजू शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रांतों से आने वाले प्रवासी मजदूरों जो मूलत इसी जिले के निवासी हैं उनकी जानकारी संकलित कर उनके खातों में प्रवासी मजद्री सहायता राशि का भ्गतान करने हेत् जिला स्तरीय नोडल अधिकारी निय्क्त किया है बैतूल जिले की जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के ग्राम पंचायत कान्हावाड़ी में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया सीहोर में मजद्र दिवस सादगी के साथ मनाया गया म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम दिवस पर प्रदेश के श्रमिकों को संदेश दिया है कि श्रम से ही साध्य की प्राप्ति होती है इससे ही राष्ट्र समाज और परिवार की उन्नति संभव है